मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लखनऊ में राज्य संचारो रोग नियंत्रण केन्द्र का दौरा किया

श्री योगी ने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशों और परामर्श का पालन राज्य में किया जा रहा है

इनमें लखनऊ आगरा गौतमबुद्धनगर गाजियाबाद और भारत नेपाल सीमा से लगे सात अन्य जिले शामिल हैं नेपाल की सीमा से सटे पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर और महराजगंज ज़िले शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों ज़िलाधिकारियों मुख्य चिकित्साधिकारियों वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को वीडिया कांफें सिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए यह आदेश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि सतर्क रहने और सावधानी बरतने से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है उन्होंने जिन जिलों में सिनेमा हाल बन्द नहीं किये गये हैं वहां कीटाणु शोधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने सभी ज़िलों के ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने अपने ज़िलों में कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में समय पर पूरी तैयारी सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि ज़िला अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपन अपन जनपदों के जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्डो और ओपीडी में अलग से बने फीवर फ्लू कार्नर का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे मूख्यमंत्री ने सभी जनपदों में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर संचालित करने के निर्देश दिये उन्होंने भ्रामक सूचना अथवा अफवाह पर त्वरित कारवाई करने को कहा इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए व्यापक पैमाने पर जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिये

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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

इस बीच रोग नियंत्रण केन्द्र ने खेल प्रतियोगिताएं और अन्य बड़े आयोजन रद्द करने या आठ सप्ताह के लिए स्थगित करने की सलाह दी है

यह संक्रमण पूरे अमरीका में फैला है

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संबंधित सभी मामलों का गहनता के साथ निरीक्षण किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर और हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर से बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने आज हरदोई ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कछौना के गौरी खालसा गांव में जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है सतर्कता बरतने पर इससे बचा जा सकता है उन्होंने कहा कि भारत इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है वहीं शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने आज मेडिकल कॉलेज में की गई तैयारियों का निरीक्षण किया साथ ही कोरोना वायरस के लिए बनाने गये आइसोलेशन वार्ड में सुविधाओं को परखा उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोरोना वायरस को लेकर काफी सजग हैं पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है और जागरूकता फैलाने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं कानपुर देहात में नगर विकास राज्यमंत्री और प्रभारी मंत्री महेश चन्द्र गुप्ता ने जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं और कोरोना वायरस के संबध में ज़िला अस्पताल में की गई तैयारियों का निरीक्षण किया

बलरामपुर में ज़िलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण किया गया इस दौरान ज़िलाधिकारी ने नेपाल से आने वाले प्रमुख रास्तों पर बनाये गये मेडिकल कैम्प का निरीक्षण किया और लोगों से सावधानी बरतने को कहा सोनभद्र ज़िले में एक ही परिवार मं चार कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के पाये जाने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है इसमें से एक व्यक्ति रेणुसागर पॉवर डिवीजन का कर्मचारी है इन चारों लोगों को रेणुसागर पॉवर डिवीजन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है ये सभी लोग हाल ही में नेपाल से घूमकर लौटे थे सभी के सैम्पल जांच के लिए वाराणसी भेजे गये हैं कोरोना के संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद कम्पनी के आवासीय परिसर में सतर्कता बढ़ा दी गयी है लोगों को कोरोना संकमण से बचाव के उपाय बताये जा रहे हैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बताया कि बकाया ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में डूबे हुए कर्ज कम हुए हैं कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी के सवाल के लिखित जवाब में वित्तमंत्री ने कहा कि इन सरकारी उपायों से कई सुधार हुए हैं और दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता लागू होने से ऋण व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है जानबूझकर ऋण अदा न करने वालों के बाजार से कर्जे लेने पर रोक भी लगाई गई है संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा को आश्वासन दिया कि केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों को आमदनी के केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इन स्मारकों के संरक्षण और वार्षिक रख रखाव के साथ ही यहां पेयजल शौचालय बैठने की व्यवस्था रैम्प व्हील चेयर ब्रेल लिपि सहित अन्य साइन बोर्ड ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम कैफेटेरिया और पत्रकों के बिक्री केन्द्र जैसी व्यवस्था भी की जा रही है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सहयोग दे रही है जिसमें नये स्कूलों को खोलने और विद्यालयों के सशक्तिकरण के प्रयास शामिल हैं

ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की येाजना है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज लोकसभा में बताया कि भवन निर्माण क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं